कानपुर में आठ पुलिसवालों की हत्या के बाद से वो फरार था

हालांकि अब तक ढ़ाई हजार से अधिक व्यक्ति स्वस्थ्य हो चुके हैं

छतरपुर जिले में दो लोग ठीक होकर घर पहुंच गये हैं

आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला मुख्यालय पर एक दिन पहले पॉजिटिव पाये गये बैंक कर्मचारी की पत्नी भी संक्रमित मिली है वहीं नीमच में एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

वहीं डिण्डोरी जिले में भी अभियान के तहत सर्वे किया जा रहा है

सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि मीडिया में जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की खबरें आ रही हैं उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में अथवा एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर में शामिल किया जा रहा है सीबीएसई ने एक बयान में बताया है कि एनसीईआरटी का वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूलों में पहले से ही लागू है

बोर्ड ने कहा है कि पाठ्यक्रम में मौजूदा संशोधन का उद्देश्य वर्तमान स्वास्थ्य आपात स्थिति और शिक्षण अंतराल दूर करने को ध्यामन में रखते हुए विद्यार्थियों पर परीक्षा बोझ कम करना है